पचास प्रतिशत मरीज हो चुके हैं स्वस्थ

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोविड उन्नीस महामारी से निपटने के लिए विभिन्न सरकारी एजेंसियों के प्रयासों और उनके द्वारा उठाये गये कदमों की सराहना की है अपने कई ट्वीट संदेशों में श्री मोदी ने जरूरत के समय देश के लिए चौबीस घंटे काम करने वालों को देश का गौरव कहा है उन्होंने कहा कि सरकार गतिशील लघु और मध्यम व्यवसायों की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है और उन लोगों को हर संभव सहायता सुनिश्चित कर रही है जिन्हें इसकी आवश्यकता है श्री मोदी ने कहा कि भारतीय रेलवे पर उन्हें गर्व है क्योंकि वे संकट के इस काल में लगातार लोगों की सहायता कर रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व इस समय एकजुट होकर कोविड उन्नीस से लड़ रहा है और मानवता इस महामारी पर अवश्य विजय प्राप्त करेगी केन्द्र सरकार ने कहा है कि देशभर में अब तक कोरोना संक्रमण के जो भी पुष्ट मामले सामने आये हैं उसमें उनतीस दशमलव आठ प्रतिशत तबलीगी जमात से जुड़े हुये हैं स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि जमात में शामिल होने वालों के कारण तेईस राज्यों में संक्रमण फैला है

उन्होंने कहा कि इसमें बयालीस दशमलव दो प्रतिशत वैसे लोग हैं जिनकी आयु पचहत्तर वर्ष से अधिक है भारतीय जन स्वास्थ्य संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी ने कहा है कि कोविड उन्नीस मामलों से संबंधित जांच में भारत की स्थिति विश्व में अच्छी है और सावधानी बरतने से बेहतर परिणाम आए हैं बाईट दूसरे मुल्कों में यह वायरस का प्रभाव थोड़ा पहले शुरू हुआ था और हमारे यहां थोड़ा देर से फिर मी अब तक जो नतीजे निकले हैं उससे पता चलता है कि ये वायरस का प्रभाव रोकने में हम काफी कामयाबी हासिल कर चुके हैं दूसरे देशों के मुकाबले में और अगले दो या चार हफ्ते में हमें परिस्थिति का पूरा विवरण मिलेगा फिर भी आज का हालात जो है उसमें कोई संशय नहीं है कि हमारा हालात दूसरे देशों के मुकाबले में बेहतर है इस वायरस को डट कर मुकाबला देने में केन्द्र सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान देश मे आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति संतोषजनक बनी हुई है और लोगों की समस्याओं का भी समाधान हो रहा है नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा कि मंत्रालय ने दो नये हेल्पलाईन नम्बर एक नौ तीन शून्य और एक नौ चार चार जारी किये हैं इसके अलावा कॉमन हेल्पलाईन नम्बर एक एक दो भी काम कर रहा है जिस पर देशभर के लोग कोविड के साथ साथ अन्य आवश्यक सेवाओं के लिए सम्पर्क कर सकते हैं

पूर्णबंदी का पालन सुनिश्चित करने के लिए अनेक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं विनिर्माण इकाइयों में लागू किए जाने वाले दिशा निर्देशों की जानकारी के साथ हैं हमारे संवाददाता बाईट ये दिशा निर्देशों के तहत विशेष आर्थिक क्षेत्र में चलने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठान चालू रहेंगे हालांकि सामाजिक दूरी के नियमों कापालन करना होगा वहीं जितना हो सके औद्योगिक प्रतिष्ठानों को अपने परिसर में ही रहने की होगी इसके अलावा इन प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए परिवहन की व्यवस्था भी करनी होगी

ग्रमीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग आईटी हार्डवेयर का निर्माण कोयला उत्पादन खद्यान और खनिज उत्पादन पैकेजिंग सामग्री की निर्माण ईकाईयों की भी संचालित करने की अनुमति दी गई है

केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से अनुरोध किया है कि वे देश में लॉकडाउन के बीच श्रमिकों की शिकायतों के समाधान की दिशा में समन्वित प्रयास करने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करें

सभी आग्रह किया गया है कि वो किसी भी मजदूर को नौकरी से न निकाले काम करे या न करें उन्हें उसका वेतन मिले देश में छह करोड़ लोग आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने लोगों से आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने को कहा है बाईट आरोग्य सेतु आईवीआरस मान लीजिए ये तो आरोग्य सेतु स्मार्ट फोन में आएगा जिनका फीचर फोन है उनके लिए क्या करेगा वो मिस्डकॉल देगा तो सिस्टम रेस्पॉन्स करेगा यही सारी चीजें तमिलनाडु के साथ आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर तैयार हो गया है उसको हम बाकी जगह कर रहे हैं

अब कई बार लोग भाग जाते हैं तो हमने जियो सिमसिम बनाया है कि आप तीन टावर के अनुसार अगर आप अपने कोरन्टाइम या अलगाव के इरादे से बाहर भागे उसमें मदद कर देगा डाक विभाग ने कोरोना महामारी से संघर्ष के दौरान सेवारत ग्रामीण डाक सेवकों सहित डाक विभाग के सभी कर्मचारियों के लिए मृत्यु के मामले में दस लाख रूपये मुआवजा देने का फैसला किया है विभाग ने कहा है कि इस बारे में जारी दिशानिर्देश तत्काल प्रभावी हो गए हैं और कोविड उन्नीस का संकट समाप्त होने तक लागू रहेंगे प्रदेश में आज कोविड उन्नीस संक्रमण का एक और नया मामला सामने आया है पटना एम्स में कल भर्ती हुई पटना की एक महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आयी है इस तरह प्रदेश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर छियासी हो गयी है इलाज के बाद अब तक बयालीस लोग स्वस्थ हो चुके हैं वहीं मुंगेर और वैशाली जिले के एक एक व्यक्ति की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में जिस दिन पहला मामला सामने आया उसके तीन दिनों के भीतर संक्रमितों की संख्या दोगुनी हुई जबकि अभी आठ दिनों में कोरोना संक्रमितों का मामला दोगुना हो रहा है जो राष्ट्रीय औसत से लगभग दो दिन कम है वहीं राज्य में संक्रमण से मरने वालों का प्रतिशत दो दशमलव तीन दो है जबकि राष्ट्रीय दर तीन दशमलव तीन प्रतिशत है प्रदेश में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर राष्ट्रीय औसत से लगभग तीन गुना अधिक है यहां पचास प्रतिशत मरीज स्वस्थ हो चुके हैं जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह आंकड़ा चौदह प्रतिशत है इधर प्रदेश में कोरोना संदिग्धों की पहचान के लिए चलाये जा रहे घर घर सर्वेक्षण अभियान के तहत कल तक बारह लाख छब्बीस हजार से अधिक परिवारों का सर्वे किया जा चुका है प्राप्त जानकारी के अनुसार चौंसठ लाख सतहत्तर हजार से अधिक व्यक्तियों से जानकारियां जुटाई गयी हैं इस क्रम में विदेशों से लौटे छब्बीस द्रसरे राज्यों से लौटे एक सौ अस्सी तथा पांच सौ छह स्थानीय लोगों की पहचान हुई जिनमें बुखार खांसी और सांस लेने में दिक्कत पायी गयी चार सौ तेरह लोगों का नमूना जांच के लिए एकत्र किया जा चुका है देश में अब तक कोविड उन्नीस संक्रमण के चौदह हजार सात सौ बानवे मामलों की पुष्टि हुई है इनमें से दो हजार चौदह रोगी ठीक हो गए हैं जबकि चार सौ अठासी लोगों की मौत हो गई है राज्य सरकार ने लॉकडाउन के बीच प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सुजन के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत साढ़े आठ लाख से अधिक मकानों के निर्माण की अनुमति दे दी है

पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा ने बताया कि इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है प्रदेश में लंबित और अस्वीकृत राशन कार्ड के आवेदनों की जांच जारी है सूचना और जन सम्पर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि अभी तक की जांच के बाद नौ लाख से अधिक परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं उन्होंने बताया कि बाकी बचे आवेदनों का काम भी जल्द पूरा कर लिया जायेगा राज्य सरकार ने सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में अनिवार्य रूप से फ्लू कॉर्नर बनाने का निर्देश दिया है स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सर्दी खांसी और बुखार जैसी स्वास्थ्य समस्याओं की जांच के लिए फ्लू कॉर्नर में सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए लॉकडाउन के दौरान केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जा रही सुविधाओं पर आम लोगों ने प्रसन्नता जतायी है लाभार्थियों ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि इस सहायता से उनका जीवन आसान हुआ है

पत्र सूचना कार्यालय ने एक ट्वीट में स्पष्ट किया है कि वे लोग जो इस वायरस से संक्रमित है उन्हें क्वारेंटीन किया गया है लोगों से इस तरह के मनगढ़ंत वीडियो और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने का आग्रह किया गया है कला और संस्कृति विभाग ने लोक कलाकारों से कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए जागरूकता और बचाव से संबंधित वीडियो बनाने की अपील की है विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार यह वीडियो पन्द्रह से बीस मिनट की अवधि के होने चाहिए और इसे घर के अन्दर ही फिल्माया जाना चाहिए कलाकारों से ऐसे वीडियो को वाईएसी डॉट बीआईएच डॉट एनआईसी डॉट इन पर भेजने को कहा गया है चयनित वीडियो के कलाकारों को विभाग द्वारा प्रोत्साहन राशि दी जायेगी

पचास प्रतिशत मरीज हो चुके हैं स्वस्थ